सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती कल देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख कल से नये केन्द्रशासित प्रदेश बने सुर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व सुर्यषप्ठी यानी छठ प्री आस्था और श्रद्वा के साथ हुआ शुरू आज शाम खरना पूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा के नए अधिकारियों से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा है ताकि देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिल सके प्रधानमंत्री कल गुजरात के केवडियामें सिविल सेवा के चार सौ तीस अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें प्रशासनिक प्रणाली से समाज से कटकर फैसला लेने की नौकरशाही वाली प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सिविल सेवा सरदार पटेल के प्रति ऋणी है

सिविलसेवा को राष्ट्र निर्माण का राष्ट्रीय एकता का अह्न माध्यम बनाने का विजन स्वयंसरदार वल्लभ भाई पटेल का था अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अनेकच्नौतियों का सामना किया तब कुछ लोगों को लगता था कि जिन अफसरों की भूमिका आजादी केआदोलन को दबाने की रही वह आजाद भारत के निर्माण में मददगार कैसे सिद्ध होंगे लेकिनद्रदृष्टा सरदार साहब ने इन तमाम आलोचकों को याद कराया कि आखिरकार यह ब्यूरोक्रेसीही है जिसके भरोसे हमको आगे बढना है देश भर में कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चौवालिसवीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनायी गयी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सुबह गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की बाद में उन्होंने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री ने गुजरात पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को भी देखा देश भर में सात सौ से ज्यादा जिलों में आयोजित एकता दौड़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत की एकता में सरदार पटेल के महान योगदान को याद किया उन्होंने विक्विता में एकता के महत्व को रेखांकित किया और संकट की स्थिति में लोगों में भाई चारे की भावना की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाया जाना सरदार पटेल को श्रद्वांजलि है जिनका भारत के पूर्ण एकीकरण का सपना अनुच्छेद तीन सौ सत्तर की वजह से अध्रा रह गया था

जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी सरदार साहब आपका जो सपना अधूरा था अब वो दीवार गिरा दी गई है श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता आयेगी और यहां के लोगों के साथ हो रहा भेदभाव समाप्त होगा जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक स्थिरता आएगी अब निजी स्वार्थ के लिए सरकारें बनाने और गिराने का खेल बंद होगा अब क्षेत्र के आधार पर मेदभाव के शिकवे और शिकायतें खत्म हो जाएंगी अब कॉपरेटिव फेडरलिज्म की असली भागीदारी विकास यात्रा के लिए कदम से कदम मिला कर के चलने का युग का आरंभ होगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह जीपीओ पार्क प्रांगण में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि सरदार पटेल ने पांच सौ तिरसठ रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया था इसलिए हम देश को बांटने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कल गौरीगंज में सरदार पटेल को पृष्पांजलि अर्पित कर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया गोरखपुर में स्थानीय सांसद रविकिशन और बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया प्रतापगढ़ में प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया सिद्वार्थनगर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया सुल्तानपुर में स्थानीय सांसद मेनका गांधी ने पंत स्टेडियम से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मेरठ बिजनौर हमीरपुर आगरा जौनपुर औरैया मऊ आजमगढ़ चित्रकूट कानपुर बलिया कुशीनगर मथुरा महोबा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख कल से औपचारिक रूप से केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गये कल सुबह लेह में राधा क्रष्ण माथ्र ने लदाख के पहले उपराज्यपाल पद की शपथ ली उन्हें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलाई उधर श्रीनगर में गिरीश चन्द्र मुर्मू ने केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली इस वर्ष पांच अगस्त को केन्द्र ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुर्नगठन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है भारत ने कहा है कि चीन इस मुद्दे पर भारत के स्पष्ट और सुसंगत रूख से पूरी तरह अवगत है विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि भारत चीन सहित अन्य देशों से यही अपेक्षा करता है कि वे भारत के आंतरिक मामलों पर उसी प्रकार कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जिस तरह भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में नहीं करता भारत की यह प्रतिक्रिया चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता के बयान पर आई है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश बनाए जाने पर टिप्पणी की गयी थी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत यह आशा करता है कि अन्य देश भारत की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने जम्मू श्रीनगर और लेह में रेडियो स्टेशनों का नाम बदलकर आकाशवाणी जम्मू आकाशवाणी श्रीनगर और आकाशवाणी लेह करने की घोषणा की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कल प्रसार भारती सचिवालय नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड की स्वीकृति से केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया है भारत ने नौ नवम्बर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने वाले चार सौ अस्सी श्रद्वलुओं की पहली अधिकारिक सूची पाकिस्तान को सौंप दी है भारत और पाकिस्तान के बीच नवनिर्मित करतारपुर गलियारे के उद्घाटन की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि श्रद्वालुओं की दैनिक संख्या बढ़ाने का मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाया गया है सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व सूर्यष्ठी यानी छठ पर्व कल से पूरी आस्था व श्रद्वा के साथ शुरू हो गया छठ ब्रतियों ने कल शाम कद्र की सब्जी व चावल खाकर अपना व्रत शुरू किया आज शाम खरना पूजन कर छठव्रती प्रसाद में रशियाव खीर ग्रहण करेंगी पुनः निर्जला व्रत रहते हुए कल डूबते हुए भगवान सूर्य की आराधना कर अर्घ्य देंगी तथा रविवार को उगते हुए भगवान सूर्य को अर्ध्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विभाग मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने कल प्रतापगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालयों का निर्माण तीस नवम्बर तक पूरा करने का निर्देश दिया जिले में ग्यारह हजार आठ सौ से अधिक प्रधानमंत्री आवासों में अब तक शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विमाग के अधीक्षण अभियन्ता को पट्टी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले तीन पुलों के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया